इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है

चीन के साथ मौजूदा विवाद पर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम शांति से रहना चाहते है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी आकर हमें परेशान कर सकता है आकाशवाणी के साथ बातचीत में भारतीय सैनिकों की शहादत पर शोक व्यक्त करते हये उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि फर्जी समाचारों को बर्दाशत नहीं किया जा सकता और मीडिया की स्वतंत्रता का अर्थ गलत समाचार देना नहीं हो सकता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के गरीब क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए परसो एक बड़ी ग्रामीण लोक निर्माण योजना गरीब कल्याण रोज़गार अभियान की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगडिया जिले में तेलिहार गांव से मुख्यमंत्री नितिश कुमार की उपस्थिति मे एक वीडियों कांफ्रेस के माध्यम से इस अभियान का श्रूआत करेंगे इसका उद्देश्य घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना है

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने विश्वविद्यालयों को वैश्विक महामारी के दौर में आत्म निर्भरता के संकल्प को पूरा करने के लिए रोज़गारोन्मुखी कोर्स श्रू को कहा है उन्होंने कहा कि इससे जहां बेरोज़गारी की समस्यया दूर होगी वहीं देश आर्थिक रूप से भी समृद्व होगा शिक्षा मंत्रीआज कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना के बाद उच्च शिक्षा में नई संभावनायें विषय पर आयोजित ऑन लाइन व्याख्यान में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे बेनिनार के आरंभ में गलवान घाटी में शहीद हये सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई और कोविड महामारी के खिलाफ लड़ रहे डाक्टरों पुलिस कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किय गया श्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा में विकास की अपार संभावनायें है राज्य सरकार ने हर स्तर पर ऐसे कई निर्णय लिए है जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले और यूवा आत्म निर्भर बने उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल की स्थिति से निपटने के लिए भारतवासियों के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का जो मूल मंत्र दिया है इससे देश का विकास होगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी उन्होंने कहा कि स्वेदेशी और आत्मनिर्भरता के सिद्वांत को अपनाकर ही रोजगार की नई संभावनायें तलाशी जा सकती है श्री कंवरपाल ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक महामारी के कारण जो माहौल बना है उसमें हमें सतर्क रहते हये समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है उन्होने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और स्टार्टअप के क्षेत्र में आपार संभावनायें दिखाई रही है ऐसे में विश्वविद्यालय रोज़गार परक पाठ्यक्रम लागू कर कोरोना की इस लड़ाई में आत्मनिर्भरता की कड़ी में महत्पूर्ण भूमिका अदा कर सकते है

योग दिवस के कार्यक्रमों की शुरूआत सुबह छ बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ होगी प्रधानमंत्री इस अवसर पर राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव क्मार ने बताया कि म्र्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य एवं आय्ष मंत्री श्री अनिल विज के मार्गदर्शन में इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है

लोगों को इस समय पूजा अर्चना शारीरिक दूरी का ख्याल रखते अपने घर पर ही करनी होगी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गोबिंद शरण ने बताया कि ये मामले नूहं शहर रोजकमेव माहौम और अडबर गांव से सामने आये है ये चारों पोजिटिव लोगों के सम्पर्क में आये थे

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लहारू से भाटिया नगर से लौटी एक य्वती कोरोना पोजिटिव पाई गई है जबकि एक एक मामला गांव सनसानाख वाल्मीकि चौक और आदर्श कालोनी का है

उसके परिवार के सदस्यों में अभी संक्रमण के लक्षण नहीं है सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हये बताया कि कल देर शाम राम दरबार की दो महिलायें भी कोरोना पोजिटिव पाई गई थी